इस मौके मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपार विद्यत क्षमता उपलब्ध है और इस क्षेत्र में निवेश की अधिक संभावनाए है जयराम ठाकुर ने कहा कि सुरंग निर्माण एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नार्वे हिमाचल में निवेश कर सकता है क्योंकि दोनों की भौगोलिक परिश्थितियां एक समान हैं उन्होंने कहा कि हिमाचल पहले से ही मत्स्य पालन क्षेत्र में नार्वे के साथ सहयोग कर रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि नार्वे के सहयोग से प्रदेश के अन्य भागों में भी ऐसी और अधिक परियोजनाएं स्थापित की जा सेकती है इस बीच दोनों राजदूतों ने शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भी मुलाकात की ये एक शिष्टाचार भेंट थी बिंदल सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र के लवासा चौकी से कौलांवाला भूड सड़क को पक्का करने पर आठ करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे है विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन के समीप धीरथ में एक जनसभा में बताया कि सडक पक्का करने के कार्य को इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा बिंदल ने कहा कि विकास कार्यो में लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपना रचनात्मक सहयोग देना चाहिए ताकि क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके नीति आयोग नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि देश को यह बात सुनिश्चित करनी होगी कि कोई भी बच्चा क्पोषण का शिकार न हो आज नई दिल्ली में पोषण अभियान में टैक्नोलोजी की भागीदारी विषय पर एक सेमीनार को सम्बोाधित करते हुए राजीव कुमार ने कहा कि देश के प्रत्येक बच्चे को पर्याप्त पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि नीति आयोग कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए हरसंभव उपाय करेगा

एसजेवीएनएल लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण एक के लिए भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण संबंधि रिपोर्ट तैयार करने के लिए जनसनवाई होगी

सिरमौर सोलन ऊना चम्बा और बिलासपुर जिलों में आज झमाझम बारिश हुई चम्बा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि पिछले दो दिन से लगातार बारिश होने से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है नदी नाले उफान पर हैं और रावी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है